हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हैल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक को साढ़े चार करोड़ रूपये का बजट जारी किया मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक ने हरियाणा के सभी जिलों में गैर कानूनी ढ़ग से चलने वाले अल्ट्रा साउंड केन्दों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए कई कदम उठाये रेल मंत्री ने बैठक कर उठाये गये कदमों का जायज़ा लिया भारतीय आय्र्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में अब तक नोवेल कोरोना के सामुदायिक संक्रमण के मामले सामने नहीं आये

उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए भारतीय आय्विज्ञान अन्संधान परिषद ने प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है

इसके अलावा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अन्संधान और रक्षा अन्संधान एंव विकास संगठन सहित अन्य सरकारी प्रयोगशालाओं की सेवा भी ली गई है

हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हैल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक को साढ़े चार करोड़ रूपये का बजट जारी किया है इस बजट से विश्व विद्यालय में नये वेटिंलेटर खरीदें जायेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि आज स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व हैल्थ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के बीच वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक हुई जिसमें हरियाणा के सभी निजी व सरकारी मेडिकल कालेजों के निदेशकों ने भी हिस्सा लिया बैठक में आपात स्थिति में कोरोना वायरस से निपटने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई

उन्होंने बताया कि पीजीआई रोहतक और भगत फूल सिंह मेडिकल कालेज खानप्र सोनीपत मे कोरोना वायरस के टेस्ट की शुरूआत हो चुकी है वीडियों कांफ्रेसिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा में तय किया हआ कि नूंह मेडिकल कालेज व करनाल कालेज में भी जल्द ही टेस्ट की श्रूआत की जायेगी

निर्धारित तिथि तक खेल परिसर बंद रहेगा म्ख्यमंत्री स्शासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ राकेश ग्प्ता ने लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम पीएनडीटी के तहत हरियाणा के सभी जिलों में गैर कानूनी रूप से चलने वाले अलट्रा सांउड केन्द्र और भूण जांच करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिये है वे वीडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिला उपाय्क्तों म्ख्य चिकित्सा अधिकारियों पुलिस शिक्षा विभाग और नगर निगम व नगर परिषद के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान सम्बोधित कर रहे थे डॉ राकेश गुप्ता ने कहा कि जिन अल्ट्रा सांउड केन्द्रों को नोटिस भेजे गये है उनपर त्रंत कार्रवाई कर रिपोर्ट दें

इसके अलावा उन्होंने जिन क्षेत्रों में लिंगान्पात में सुधार की जरूरत है वहां पर आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा

भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार श्री राम चन्द्र जांगड़ा और दृष्यंत कुमार गौतम निर्विरोध चुने गये है चुने जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से उनके निवास पर मुलाकात की मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने उन्हें राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर बधाई दी है भारतीय रेलवे ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए संदिग्ध मरीज़ो को अलग रखने की स्विधा और रेलगाडिय़ों व स्टेशनों पर साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान देने सहित कई कदम उठाये है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज मंत्रालय द्वारा की गई तैयारियों का जायज़ा लिया बैठक मे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा सभी ज़ोनल महाप्रबंधक और मंडलीय रेलवे प्रबंधक शामिल ह्ये बैठक में बताया गया कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर राजय सरकारों के सहयोग से हैल्प डेस्क भी कायम किये गये है और गाडियों प्लेटफार्म एवं कार्यालयों मे सफाई और हाथ धोने के लिए सारा सामान मुहैया करवाया गया है

प्लिस के अनुसार पकड़े गये युवकों की पहचान बठिंडा के ग्रप्रीत सिंह फाजिल्का निवासी सोहन व उम्मेदप्रा एलनाबाद के कर्ण सिंह के रूप में ह्ई है उधर सिरसा के ही थाना शहर डबवाली प्लिस ने गांव डबवाली क्षेत्र से एक महिला को एक हजार प्रतिबंधित नशीली गोलियां के साथ गिरफ्तार किया है

इनेलो नेता ने कहा कि अन्य सभी विषयों के अध्यापकों जिनका चयन इनके साथ ही हुआ था कि निय्क्ति दो वर्ष पहले ही हो च्की है